उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज के गरीब और कमजोर वर्गो को मदद प्रदान की गई उन्होंने कहा कि भारत मोबाइल तकनीक की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगा इंडिया मोबाइल कांग्रेस के चौथे संस्करण को आज संबोधित करते हए श्री मोदी र्न कहा कि मोबाइल तकनीक की मदद से लाखों भारतीयों को करोडों डॉलर का लाभ हआ है उन्होंने कहा कि इस तकनीक की मदद से करोडों नकदी रहित लेनदेन सम्भव हए इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत को द्रसंचार उपकरणों के डिजाइन और उत्पादन का वैश्विक केन्द्र बनाने का आह्वान किया उन्होंने फाइव जी प्रणाली को समयबद्व तरीके से हासिल करने के लिए सभी से मिलकर काम करने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने मोबाइल फोन के उत्पादन में बडी सफलता हासिल की है और देश इसके एक मुख्य केन्द्र के रूप में उभर रहा है उन्होंने कहा कि सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से दूरसंचार क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अगले तीन वर्षो में हर गांव में हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है

उन्हॉने कहा कि कल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से आये पिछले चार वर्षो के दौरान ही जुड़े हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की डिजिटल सम्भावनाए असीमित हैं और हमें इस बारे में योजना बनानी होगी कि हम आगामी प्रौद्योगिकी क्रांति का कैसे बेहतर इस्तेमाल करें उन्हॉने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य देखभाल बेहतर शिक्षा और किसानों तथा छोटे व्यवसाइयों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराना क्छ ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें डिजिटल तकनीक की मदद से हासिल किया जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें लगातार किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही हैं उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि वह कृषि कानूनों के बहाने माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन कृषि कानूनों पर कुछ राजनीतिक दलों का रवैया उनके दोहरे मानदंडों को दर्शाता है राज्य में आज भारत बंद का कोई खास प्रभाव नहीं दिखा राज्य में आज भी आम दिनों की तरह ही रोजमर्रा के सारे काम हो रहे हैं दुकानें खती हैं बाजार खुले हैं सड़कों पर आवागमन सुचारू रूप से हो रहा है भारत बंद का पूरे प्रदेश में कहीं पर भी कोई असर नहीं नजर आ रहा है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत बंद का समर्थन करने के लिए विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना की है उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल इन कानूनों को लेकर किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्हॉने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है विफ्की दलों का पाखंड है वो लोकतंत्र में पराजित हुए हैं और पराजित होने के बाद कहीं भी अवसर मिलता है तो उनको लगता है कि यही हमारा मौका है तो उसका लाम उठाएं इसके सिवा कुछ मी नहीं है अरे खुद शरद पवार ने एपीएमसी कानून यूपीए के कृषि मंत्री के तहत भॉडल कानून तैयार किया और सभी राज्यों को दिया सभी राज्यों में से दस राज्यों ने उसको स्वीकार भी किया तब अच्छा था एमपीएमसी का मॉडल कानून और आज अगर हम करते हैं तो बुरा है ऐसा कैसे होगा श्री जावड़ेकर ने कहा कि ये कानून किसानों के हित में है उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी डीएमके और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे पर पाखंड कर रहे हैं क्योंकि जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने अनुबंध पर खेती का कानून बनाया था केंद्र सरकार नए कृषि कानुनों को लेकर उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए कल नई दिल्ली में किसान संगठनों के साथ छठे दौर की वार्ता करेगी शनिवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ पांचवे दौर की बातचीत में किसान संगठनों को आश्वासन दिया गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखा जाएगा और इसे खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं है देश ने कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या में लगातार गिरावट के साथ आज देश में सक्रिय मामलों का प्रतिशत चार से भी नीचे चला गया है लगभग तीन लाख तिरासी हजार सक्रिय मामलों के साथ यह प्रतिशत तीन दशमलव नौ छह हो गया है एक महीने से अधिक समय तक संक्रमण की प्रतिदिन संख्या पचास हजार से कम रह गई है इक्यानबे लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हए हैं जो अब तक संक्रमित हए लोगों का चौरानबे दशमलव पांच नौ प्रतिशत है पिछले चौबीस घंटों में उन्तालीस हजार से अधिक लोग कोरोना से ठीक हुए लगातार ग्यारहवें दिन नए संक्रमित मामलों की संख्या ठीक होने वालों की संख्या से कम रही